पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ौतरी पर कांग्रेस ने की केंद्र व राज्य सरकार की आलोचना बसंत पंचमी का पर्व प्रदेशभर में श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाया गया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

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा

जयराम ठाकुर ने कहा कि लंबित परियोजनाओं की स्वीकृति को लेकर उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह और देश के सॉलिसीटर जनरल से भी मुलाकात की

वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का चंहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार ने पंचायतों को सीधा बजट देने की व्यवस्था की है हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र के भड़ोली भगौर में पंचवटी पार्क का शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार पंचायत घरों को बहु उद्देशीय भवनों के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है ताकि लोगों को एक ही स्थान पर अधिक सुविधाएं मिल सके

वे आज सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र की बनासर पंचायत के खडीण गांव में जनसमस्याएं सुनने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे सैजल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार के प्रयासों से कोरोना महामारी पर रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश व प्रदेश अब फिर से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है और विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में पंचायती राज संस्थाओं की अहम भूमिका है बिक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के जस्वां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में सरड डोगरी खड्ड पर लगभग साढ़े पांच करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अनेक विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और जस्वां परागपुर विकास की नई दिशा की ओर अग्रसर है बिकम ठाकुर ने क्षेत्र के संतुलित विकास को अपनी प्राथमिकता बताया और कहा कि संसाधनों को हर जगह उपलब्ध करवाने के लिए वे प्रयासरत हैं उन्होंने बाद में जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने देश में पैट्रोल डीजल व रसोई गैस के बढ़ते मुल्यों पर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है

इस बीच प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने भी पैट्रोल डीजल व रसोई गैस के बढ़ते दामों पर चिंता जताई है एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार की कथित जन विराधी नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और समाज का हर वर्ग बढ़ती मंहगाई से परेशान है जैनब चंदेल ने कहा कि देश की विकास दर निम्न स्तर से भी नीचे चली गई है उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ती मंहगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस प्रदेश में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करेगी और इसके बाद सभी जिलों में आंदोलन किए जाएंगे बसंत पंचमी बसंत पंचमी का पर्व आज देश सहित प्रदेशभर में श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इस पर्व को बसंतोत्सव और फूलों के खिलने के मौसम का आरंभ माना जाता है बसंत पंचमी के मौके पर कुल्लू में भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा निकाली गई और उन्हें रथ पर बिठाकर ढालपुर स्थित अस्थाई शिविर में लाया गया बाद में विधिवत्त प्रजा अर्चना के बाद गुलाल फेंकने की रस्म निभाई गई भगवान रघुनाथ जी के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने बतया कि कुल्लू में आज से ही होली के त्योहार की शुरूआत हो जाती है इस दिन को राम भरत मिलन के रूप में भी मनाया जाता है इधर बसंत पंचमी के मौके पर राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन में भी मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना की गई और यज्ञ का आयोजन किया गया राकेश पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने पौंग बांध जलाशय वन्यजीव अभयारण्य में पिछले आठ दिनों के दौरान किसी भी पक्षी की मौत का मामला सामने नहीं आने पर सन्तोष जताया है

वन मंत्री ने कहा नगरोटा सूरियां में निगरानी के लिए स्थापित नियंत्रण कक्ष को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया है

प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने धर्मशाला में आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि इस दौरान कार्यकर्ताओं को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलेगा उन्होंने कहा कि बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना सह प्रभारी संजय टंडन प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल शांता कुमार और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे त्रिलोक कपूर ने बतया कि जगत प्रकाश नड्डा प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे

सीमा सड़क संगठन के ऑफिसर कमांडिंग प्रमोद कुमार ने बताया कि सड़क को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और इसे कल सुबह तक बहाल किए जाने की उम्मीद है मार्ग अवरूद्व होने से पूह क्षेत्र का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है

इसी के दृष्टिगत आज एक केंद्रीय दल ने डॉक्टर अशोक भारद्वाज की अगुवाई में किन्नौर जिला का दौरा किया केंद्रीय दल ने तपेदिक की रोकथाम के लिए पहले से ही सर्वेक्षण कर रहे तपेदिक दल से जिले में इसकी रिथति के बारे में जानकारी हासिल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोनम नेगी ने बताया कि इन दिनों राष्ट्रीय मिशन का एक दल पूह व सांगला ब्लॉक के दौरे पर है और इस दल ने भी जिले में तपेदिक रोग मुक्ति के लिए दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली